स्वस्थ होने की दर छियानवे प्रतिशत से अधिक हुई बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

दस नवम्बर को होने वाली मतगणना के बाद राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है चुनाव परिणाम से पूर्व दोनों गठबंधन के नेता सहित अन्य पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है श्री चौबे ने फिर दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के नेता हैं इधर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव परिणाम से पूर्व अपने कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी की है पार्टी के ट्वीटर हैंडल से दस नवम्बर को आने वाले परिणाम को संयम सादगी और शिष्टाचार के साथ स्वीकार करने की अपील की गई है इधर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिये पूरी तैयारी की है आयोग के अनुसार राज्य की सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा सीटों की मतगणना के लिये विभिन्न जिलों में पचपन मतगणना केंद्र बनाये गये हैं मतगणना के लिए सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है वहीं मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की उन्नीस कंपनियों को भी तैनात किया गया है मतगणना के बाद भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिये अर्धसैनिक बलों की उनसठ कंपनियां भी मुस्तैद रहेंगी आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाला मुरूगन डी ने बताया कि मतगणना के समय भी सुरक्षित दूरी का पूरी तरह पालन किया जाएगा साउंड बाईट काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है थ्री टियर व्यवस्था की हुई है

आठ बजे से प्रारंभ किया जाएगा

विधानसभा चुनाव में कटिहार जिला वोट प्रतिशत के मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि कटिहार में लगभग तिरसठ दशमलव चार दो प्रतिशत मतदान हुआ है जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है श्री तनुज ने बताया कि जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सड़सठ दशमलव शून्य सात प्रतिशत और कदवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम उनसठ दशमलव आठ पांच प्रतिशत मतदान हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पाण्डेय को बिहार का प्रेक्षक नियुक्त किया है ये दोनों चुनाव परिणाम के पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को देंगे प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव चार छह प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ पच्चीस मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग दो लाख चौदह हजार सात सौ छत्तीस हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख बाईस हजार पांच सौ तीस नमूनों की जांच की गई है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आठ सौ एक नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या दो लाख बाईस हजार छह सौ बारह हो गयी है सबसे अधिक पटना जिले में तीन सौ छह मरीजों की पुष्टि हुई है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार एक सौ चौवालीस मरीजों की मौत हो चुकी है वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या छह हजार सात सौ इकतीस है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है साउंड बाईट त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वह इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाए तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आए और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिश्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यही है कि सब एक दूसरे का बचाव करें नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चार प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की उन्होंने अन्य लोगों की सूरक्षा सूनिश्चित करने के लिए कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया साउंड बाईट चार चीजे हाथ अपने साफ रखने है मास्क हमेशा पहनना है फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जूखाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घरवालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उनचास हजार से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं इस प्रकार स्वस्थ होने वालों की संख्या अठहत्तर लाख अड़सठ हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में देश में कोविड मरीजों की सक्रिय संख्या लगभग पांच लाख बारह हजार रह गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने आयकर अनुपालन प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढाने में सहायता मिली है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है चार साल पहले दो हजार सोलह में आठ नवंबर को ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार और काले धन के जाल को तोड़ने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार काले धन और जाली मुद्रा से लडाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चार पहिया वाले सभी वाहनों के लिए पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है यह सभी पुराने वाहनों और पहली दिसम्बर दो हजार सत्रह से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों पर भी लागू होगा इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम उन्नीस सौ नवासी के तहत चार पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए पहली दिसम्बर दो हजार सत्रह से फास्टैग अनिवार्य किया गया था वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग लगाना पहली अक्तूबर दो हजार उन्नीस से अनिवार्य किया गया था दरभंगा हवाई अड्डे के विद्यापति टर्मिनल से उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई हैं अभी देश के तीन शहरों दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिये एक एक यात्री विमान सेवा शुरू की गई है केंद्र सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से यह सेवा शुरू की गई है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने दरभंगा हवाई अड्डे से इन तीन शहरों के लिये उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा दो माह पूर्व की थी

इच्छुक लोग दस दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं लोग ऑन लाइन ऑफ लाइन और हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष हाजी इलियास हुसैन ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए हज यात्रियों के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये हैं अब कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही लोगों को हज यात्रा की अनुमति दी जायेगी हज के लिए रवाना होने के स्थानों को भी घटाकर दस कर दिया गया है राज्य के लोग इस बार केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे रेलवे ने दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिये आज से तीस नवंबर तक इस्लामपुर और पूर्णिया से हटिया के लिये पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इस विशेष ट्रेन का परिचालन एक दिसंबर तक होगा वहीं दानापुर से टाटा के लिये भी एक पूजा स्पेशल ट्रेन तीस नवंबर तक प्रतिदिन चलायी जायेगी जमुई जिले के गिद्वेश्वर जंगल में कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच आज घंटों मुठभेड़ हुई मुठभेड के दौरान नक्सली जवानों पर फायरिंग करते हुये फरार हो गये पूलिस ने मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में कारतूस मैगजीन और नक्सली साहित्य बरामद किया है अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा दो हजार इक्कीस का आयोजन अगले वर्ष दस जनवरी को किया जाएगा यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में तैंतीस सैनिक विद्यालयों में छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा के लिये उन्नीस नवंबर तक इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खगड़िया बखरी पथ के लाभ गांव स्थित एफसीआई गोदाम के समीप ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में तेतरी गांव निवासी दो युवकों की मौत हो गई गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को इलाज के लिये सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है खगड़िया जिले के मानसी थाना के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक में लगी आग पर जल्द काबू पाने से बड़ी दुर्घटना टल गई विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय इकाई ने बखरी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बालमुकुंद और बखरी नगर मंडल अध्यक्ष अमरनाथ पाठक को हटा दिया गया है बेग्सराय भाजपा के महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू ने यह जानकारी दी है भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापूरी में दो हजार पांच सौ छियालीसवें निर्वाण महोत्सव की शुरुआत हो गयी है जैन श्वेताम्बर भंडार तीर्थ के संयुक्त सचिव शांतिलाल बोथरा ने बताया कि यह महोत्सव आठ दिनों तक चलेगा कोराना संक्रमण के कारण महोत्सव सादगी से मनाया जा रहा है नालंदा से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिये बस सेवा आज से फिर शुरू हो गयी है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये पिछले बाईस मार्च से बस सेवा प्रतिबंधित थी हालांकि बसों का किराया पहले की तुलना में बढ़ाये जाने से यात्रियों में नाराजगी है अररिया जिले के नरपतगंज थाना चौक के पास एक वाहन से पुलिस ने सत्ताईस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है

स्वस्थ होने की दर छियानवे प्रतिशत से अधिक हुई